किसान की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी को डेढ हजार रूपए की मासिक पेंशन मिलेगी

उन्होंने कहा कि यह योजना जम्मू कश्मीर और लददाख सहित पूरे देश में लागू की जाएगी उन्होंने कहा कि सरकार पांच वर्षो में किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर चल रही है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार राज्यों के साथ लगातार संपर्क में है और सभी प्रमुख योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के प्रयास कर रही है

इस योजना के दायरे में आने वाले किसानों को तीन बराबर किस्तों में सालाना छह हजार रूपए दिए जाते हैं

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी अभय शर्मा ने बताया कि जोधपुर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से थार एक्सप्रेस आज भी अपने निर्धारित समय रात एक बजे ही कराची के लिए रवाना होगी उन्होंने कहा कि रेलवे ने इसके संचालन में कोई बदलाव नहीं किया है

इस मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम के नवा टापरा में आयोजित किया गया

उन्होंने बताया कि क्षेत्र में विकास कार्य में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी

समारोह में जनजातीय लोगों की विरासत और संस्कृति की झलक देखने को मिली

कुंभलगढ पंचायत समिति और खमनोर पंचायत समिति के कुछ क्षेत्रों में अवकाश रखा गया आदिवासी दिवस पर पाली सिरोही बांसवाडा जैसलमेर तथा कई अन्य स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए इस अवसर पर जयपुर में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि सबको एक नजर से देखने की भावना पैदा करने की जरूरत है श्री पायलट ने कहा कि विभिन्न समाजों की तरह आदिवासी समाज में भी कुछ लोग आगे निकल गए जबकि बाकी लोग पिछड़े रह गए हैं इस खाई को खत्म करने के लिए समाज को और सरकार को कितना प्रयास करना होगा इस कार्यक्रम में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद थे अरावली विचार मंच की ओर से भी आज जयपुर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया संस्था के अध्यक्ष रामजीलाल मीणा ने आदिवासियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की और उनका समाधान निकालने पर बल दिया

जयपुर में आयोजित हुए कार्यक्रम में इस नीति को जारी करते हुए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि बायोफ्यूल पर नीति बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है

ऐसे में यदि प्रदेश में बायोफ़यूल का उत्पादन होगा तो इससे रोजगार बढेगा तथा प्रद्रषण को कम करने में मदद मिलेगी

इस चरण में भारतीय टीम और कजाकिस्तान की टीम सहित अन्य देशों की टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया दूसरे चरण और भारत की टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया है

पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव ने आज संवाददाताओं को बताया कि विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से मिले परामर्श के बाद सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गयी है

उद्योग आयुक्त डॉ कृष्णकांत पाठक ने आज जयपुर में राजकीय उपक्रम सांभर सॉल्ट की बोर्ड मीटिंग को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी उन्होने कहा कि सांभर साल्ट की अपनी विषिष्ठ पहचान और गुणवत्ता को देखते हुए इसकी पहुंच घर की रसोई तक पहुंचाने के ठोस प्रयास करने होंगे डॉ पाठक ने कहा कि सांभर झील के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए इसे पर्यटन केन्द्र के रुप में भी विकसित किए जाने की आवष्यकता है

ऐसा हादसा आगे नहीं हो इसके लिए प्रशासन के सहयोग से वॉक वे बनाया गया है अब लोग सुरक्षित रूप से सुबह की सैर कर सकेंगे

इसमें श्रीगंगानगर हनुमानगढ और चूरू जिले के युवा भाग ले सकेंगे कोटा में लम्बे समय के बाद आज नगर निगम की सामान्य बैठक हुई शुरूआत से ही बैठक में विभिन्न मुदृदों को लेकर पार्षदों ने हंगामा किया

इसके अलावा उदयपुर मावली दानपुर सराड़ा सहाड़ा अर्थूना झालावाड़ भूंगड़ा जहाजपुर सहित कई अन्य स्थानों पर भी जोरदार बारिश हुई है

बस में सवार बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है ये बस क्राबड़ से बच्चों को लेकर उदयपुर आ रही थी कि सुबह करीब सात बजे कुराबड़ में चांसद गांव के खारवा में रेलवे अंडरपास से निकलते समय वहाँ जमा पानी में फंस गई ै बस में चौदह बच्चे सवार थे आसपास के ग्रामीणों ने मौके पर पहुंच कर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला